तिहाड़ जेल के इतिहास में पहली बार एक साथ चार गुनाहगारों को फांसी दी गई है इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने देर रात और उससे पहर्ले दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोषियों की फांसी पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी दोषियों ने कल पूरे दिन भी न्यायपालिका में अलग अलग याचिकाओं के माध्यम से फांसी की सजा रूकवाने की कोशिशें की जो नाकाम रही फांसी की सजा दिये जाने के बाद निर्भया की मॉ ने न्यायपालिका को धन्यवाद देते हुए कहा कि देर से ही सही मेरी बेटी को न्याय भिला है और आज का दिन देश की बच्चियों को समर्पित है बहुमत परीक्षण प्रदेश में कांग्रेस सरकार के विश्वास मत परीक्षण के लिए राज्य विधानसभा की विशेष बैठक आज दोपहर दो बजे बुलाई गई है उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद विधानसभा की बैठक बुलाई गई है इसके पूर्व उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण आज शाम पांच बजे तक सदस्यों के हाथ उठवाकर पूरा करने के निर्देश दिए हैं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अगर कांग्रेस के बागी विधायक विश्वासमत के लिए विधानसभा में उपस्थित होते हैं तो उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करायी जाए न्यायालय ने पूरी कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आदेश दिया

इन विधायकों ने दस मार्च को विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे भेजे थे

मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के घर रात्रि भोज के दौरान कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा की गई

वहीं भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा अध्यक्ष से शीघ विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की उन्होंने पुलिस महानिदेशक को चिट्ठी लिखकर पार्टी विधायकों को सुरक्षा प्रदान किये जाने की मांग की विधानसभा से कार्यसूची जारी न होने पर विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव रात करीब एक बजे विधानसभा अध्यक्ष नर्मेदा प्रसाद प्रजापती के कार्यालय पहुँचे लेकिन उनके मौजूद न होने के कारण वे अपनी चिद्ठी कार्यालय में सौंपकर आ गये बाद में देर रात विधानसभा से सदन की कार्यसूची जारी कर शक्ति परीक्षण की जानकारी दी गई देर रात दोनों पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को मौजूद रहने और निर्देश का पालन करने के लिए व्हिप जारी कर दी

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी का मुकाबला करने के लिए संकल्प और संयम की जरूरत है प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों को यह संकल्प लेना चाहिए कि वे स्वयं इस संक्रमण से बचने के उपाय करेंगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाएंगे उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ श्री मोदी ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे कुछ सप्ताह जहां तक संभव हो घर से बाहर न निकलें प्रधानमंत्री ने देशवासियों से जनता कर्फ्यू यानि जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू के लिए समर्थन मांगा इसका आयोजन रविवार को सवेरे सात बजे से नौ बजे तक किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी देशवासियों को घर के अंदर रहना चाहिए कोरोना प्रदेश प्रदेश में भी कोरोना वायरस की रोकथाम कदम के उठाये जा रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के नागरिकों से सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा है कि वे ऐसे खान पान को अपनाये जिससे उनके भीतर प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो इस बीच प्रदेश के सभी सरकारी निजी विश्वविद्यालयों और स्वशासी महाविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है

खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने सेनेटाइजर और मास्क आदि की उपलब्धता और कीमतों पर नजर रखने के लिए जिला कलेक्टरों से कहा है जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाये जा रहे हैं

खंडवा में जेल में बंदियों की स्वच्छता और साफ सफाई के लिए कदम उठाये गये हैं आज अधिकारियों के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है ओंकारेश्वर मंदिर को भी बंद कर दिया गया है नरसिंहपुर में जिला प्रशासन ने नर्मदा और अन्य नदी तटों पर सामूहिक स्नान प्रतिबंधित करने सहित अन्य कदम उठाये हैं देवास और उज्जैन में लोगों को जिला अस्पताल में रोग प्रतिरोधक काड़ा भी पिलाया गया बड़वानी में आज निजी चिकित्सकों और धर्मगुरूओं को एक बैठक में कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी जायेगी ग्वालियर और मंडला में कल इस बीमारी के संकमण की रोकथाम के लिए बैठक आयोजित की गई पन्ना निवाड़ी शिवपुरी छतरपुर गुना में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कदम उठाये जा रहे हैं

वे उज्जैन और नागदा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे

जो कि पिछले वर्षो से अधिक है